प्रदेश में ग्राम पंचायतों तक कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिये बरती जा रही हैं सावधानियां

हमारी विशेष श्रंखला अच्छी खबर में कल सुनिये कोरोना संकट के बीच सागर और जबलपुर में कैदियों द्वारा की जा रही अनूठी पहल पर खास रिपोर्ट

प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से निपटने में सहयोग देने वालों के प्रति रविवार को शाम पांच बजे पांच मिनट के लिए ताली या घंटी बजाकर आभार व्यक्त करने की अपील भी की है

इधर प्रदेश में भी राज्यपाल ने कोरोना वायरस से बचाव के लिये लोगों से जनता कफ्यू को सफल बनाने की अपील की है अशोकनगर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कल बसों का संचालन नहीं होगा उधर खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा ने लोगों से जनता कफ्यू में सहभागिता की अपील की है रतलाम में भी कल प्रधानमंत्री की अपील पर प्ररा शहर बंद रहेगा यहां सभी ट्रेनों को रद्द किया गया है

सतना बैतूल सिवनी मंडला नरसिंहपुर सहित सभी जिलों में प्रशासन ने लोगों से जनता कफ़र्यू को सफल बनाने की अपील की है

जबलपुर से सटे नरसिंहपुर जिले में भी पूरी तरह सतर्कता बरती जा रही है

भोपाल में होटल रेस्टोरेंट और ढ़ाबों को भी बंद करा दिया गया है छिंदवाड़ा में झूलेलाल जयंती सहित सभी कार्यक्रम रद्द कर दिये गये हैं

शिवपुरी जिले में कोराना वायरस से बचाव के लिये आयुष विभाग द्वारा बुजुर्गो को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दवा पिलाई जा रही है

मंदसौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि भीलवाड़ा से पहुंची एक महिला को आइसोलेटेड वार्ड में शिफट किया गया है उधर इंदौर में कोटा से आए ब्राजील के तीन यात्रियों की जांच की गई शहडोल जिले में भी आयुष विभाग द्वारा रोग प्रतिरोधक दवा बांटी जा रही है

नीमच झाबुआ बड़वानी रायसेन बैतूल सतना और मंडला डिंडोरी सहित सभी जिलों में कोरोना वायरस की रोकथाम के उपाय बताये जा रहे हैं

बिसाइलाल साह ने पहले ही भाजपा की सदस्यता ले ली थी

पहले इन नेताओं से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुलाकात की इसके बाद वे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहंचे इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय नरेंद्र सिंह तोमर और धर्मेद्र प्रधान भी मौजूद थे इनके आज रात ही भोपाल आने की संभावना है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

इस दल में शिवराज सिंह चौहान बीडी शर्मा और गोपाल भार्गव भी शामिल थे